अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान को याद करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ओबीसी आयोग बनाने का संकल्प पूरा किया गया है उन्होंने एशियाई खेलों में पदक विजेताओं को बधाई भी दी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने केरल तथा देश के अन्य राज्यों में आये बाढ़ से पीडि़त लोगों को आश्वासन दिया है कि पूरा देश इस आपदा की घड़ी में उनके साथ खड़ा है

उन्होंने कहा कि सभी भारतीय केरल के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े है और वहां के लोगों की स्थिति जल्दी ही जल्दी सामान्य हो जाये इसकी कोशिश कर रहे है प्रधानमंत्री ने बाढ़ राहत कार्यो में सुरक्षा बलों के योगदान की प्रंशसा करते हुए कहा कि उन्होंने लोगों की जान बचाने के काम में कोई कसर नही रखी है श्री मोदी ने अपने सम्बोधन में अगले महीने आने वाले इंजीनियर्स डे का जिक्र करते हए कहा कि ऐसे निर्माण किये जाये जो पर्यावरण के अनुकूल हो

प्रधानमंत्री ने हाल ही में सम्पन्न हई संसद के मानसून सत्र को बहत उत्पादक बताते हए ख्शी जाहिर की और कहा कि सभी सांसद पार्टी लाइन से ऊपर उठकर इसे सफल बनाने के लिए आगे आये श्री मोदी ने कहा कि मानसून सत्र इस बार कई बिल पारित किये गये जो य्वाओं और पिछड़े वर्ग के लोगों के भले के लिए है पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल वाजपेयी को याद करते हए श्री मोदी ने कहा कि वे एक उत्तम सांसद संवदेनशील लेखक श्रेष्ठ वक्ता व लोकप्रिय नेता थे

उन्होंने म्स्लिम महिलाओं को आशवासन दिया कि वे सामाजिक न्याय दिलाने के मुद्दे पर उनके साथ है उन्होंने बताया कि ओबीसी आयोग बनाने का संकल्प पूरा किया गया है तथा उसे संवैधानिक अधिकार भी दिया गया है श्री मोदी ने द्वष्कर्म के दोषियों को कठोरतम सज़ा दिलाने वाले आपराधिक कान्न संशोधित विधेयक को पारित किये जाने की भी बात कही

उन्होंने कहा कि सभी देशवासियों को अपनी सेहत का धन रखना चाहिए क्योकि स्वस्थ भारत सेही देश सम्ह बन सकेगा प्रधानमंत्री ने आज संस्कृत दिवस मनाये जाने की बात करते हए उन लोगों की प्रंशसा की जो धरोहर को सहजते हए लोगों तक पहंचाने के कार्य में लगे हए है श्रीमोदी ने पांच सिंतम्बर का आने वाले शिक्षक दिवस के संदर्भ में डा राधा कृष्णन को याद किया और ग्रू की महत्ता बताई

इस मौके पर राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद तथा उप राष्ट्रपति एम वैंकेया नायड् ने सभी लोगों को हार्दिक श्भकामनाएं दी है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी टवीट के जरिये सभी देशवासियों को इस पवित्र पर्व की हार्दिक श्भकामनांए दी हरियाणा में आज रक्षा बंधन का पर्व श्रदवा एवं उल्लास से मनाया जा रहा है इस अवसर पर आज अनेक संस्थानों की लड़कियों और महिलाओं ने हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य व उनकी धर्मपत्नी को राखी बधाई दी और आर्य को राखी बांधी

आज हरियाणा के म्ख्यमंत्री मनोहर लाल को राज्य प्लिस की द्र्गा शक्ति रेपिड एक्शन फोर्स की महिलाओ स्कूल की छात्राओं ने चंडीगढ़ में राखी बांधी म्ख्यमंत्री ने इस अवसर पर उन्हें मिठाई बांटी और श्भकामनाएं दी

इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण पाल गूर्जर होंगे और अध्यक्षता हरियाणा के स्वास्थ्य खेल एवं य्वा कार्यक्रम मंत्री अनिल विज करेंगे